जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बुराई को खत्म करने के लिए समाज में निचले स्तर तक जागरूकता लाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार नशे की बुराई से ग्रसित लोगों के पुनर्वास के लिए प्राथमिकता के आधार पर नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य के सीमांत जिलों में पुलिस को सुदृढ़ किया गया है ताकि राज्य के बाहर से प्रदेश में आ रहे नशे को नियंत्रित किया जा सके इससे पहले अनिरूद्व सिंह ने अपने सवाल में सरकार से केवल सिंथेटिक ड्रग को गैर जमानती अपराध बनाने की मांग की विधायक किशोरी लाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जलोड़ी जोत के नीचे डबल लेन सुरंग बनाने के कार्य में तेजी लाई जाएगी उन्होंने कहा कि इस सुरंग की डीपीआर तैयार करने के लिए मामला भारत सरकार से उठाया गया है विधायक रीता धीमान के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के डमटाल में पानी में तेजाब की मात्रा पाए जाने की शिकायतों की जांच के लिए इसी महीने प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड की टीम क्षेत्र का दौरा करेगी और यदि शिकायतें सही पाई गई तो संबंधित उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल निरीक्षण में पानी में तेजाब होने की पुष्टि नहीं हुई है

कांग्रेस के ही राजेंद्र राणा के एक सवाल पर जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को फिलहाल पुरानी पेंशन बहाल करने का कोई इरादा नहीं है भाजपा के बलवीर वर्मा के एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही आयुर्वेद डॉक्टरों के रिक्त पदों को भर दिया जाएगा चर्चा कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश सरकार वनाधिकार कानून को मिशन मोड में लागू करेगी इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिख कर निर्देश जारी किए हैं

वनाधिकार कानून के तहत अधिकांश मामले पंचायत स्तर पर लंबित हैं और सरकार का प्रयास है कि सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून को तेजी से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन कमेटियों का गठन भी किया है इससे पहले मामला उठाते हुए सीपीएम के राकेश सिंघा ने सरकार से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत देने और वनाधिकार कानून को अक्षरशः लागू करने की मांग की तथा कहा कि ऐसा करने से ही प्रदेश के गरीब लोगों को राहत मिल पाएगी उन्होंने ये भी मांग की कि प्रदेश की सारी जनता को वनाधिकार कानून का हकदार माना जाए इसी मुद्दे पर कांग्रेस के आशीष बुटेल ने कहा कि वनाधिकार कानून के तहत लंबित सभी मामलों को समयबद्व निपटाया जाए उन्होंने कहा कि यदि पात्र लोगों को इस कानून के तहत उनके अधिकार नहीं दिए गए तो ये कानून बनाने वालों के लिए शर्मनाक बात होगी राफेल उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एफआईआर दायर करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों की देश को आवश्यकता है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कीमत से संबंधित व्यापक ब्यौरों को निपटाना न्यायालय का काम नहीं है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने राफेल मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ख्शी जताई है एक ब्यान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के उदेश्य से अपील दायर की थी मगर अदालत ने उसे खारिज कर सौ फीसदी सही बताया है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इससे कांग्रेस नेताओं की घटिया मानसिकता का पता चलता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की हैं उनका पूरा फायदा लोगों को मिल रहा है नमस्कार